अठारह जिलों में महामारी ने पसारे पैर

उल्लंघन करने पर दंड और जेल का प्रावधान

और प्रदेश में आंधी पानी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

प्रदेश भर में कल सत्ताईस नये कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ सत्तर हो गयी है कैमूर जिले में पहली बार कोरोना संक्रमित की पहचान हुई इस प्रकार प्रदेश के अठारह जिलों में इस महामारी ने पैर पसार लिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना के खाजपुरा में आठ कैमूर में आठ रोहतास में छह मुंगेर में चार और सिवान में एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उन्होंने कहा कि पटना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर चौबीस हो गई है खाजपुरा में एक ही परिवार के आठ सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए घर से बाहर निकलने पर सभी के लिए फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस की आपदा के समय सरकार के स्तर से इसकी रोकथाम और उपचार के लिए अथक कार्य किए जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं ऐसी स्थिति में मॉस्क लगाना अनिवार्य हो गया है उल्लंघन करने पर दंड और सजा का प्रावधान किया गया है देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तेईस हजार सतहत्तर हो गयी है वहीं इलाज के बाद चार हजार सात सौ उनचास लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं जबकि इस महामारी के कारण सात सौ अठारह लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर जाकर की जा रही स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि जिलों की प्राथमिकता का निर्धारण करते हुये सभी जिलों में डोर टू डोर लोगों की जांच की जाए ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें चिन्हित कर समुचित चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति की पूरी श्रृंखला और संपर्क तेजी से चिन्हित करते हुये तत्काल जांच करायी जाए ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके श्री कुमार ने कहा कि एक संक्रमित व्यक्ति काफी लोगों को संक्रमित कर सकता है बिहार में भी अधिकांश मामले इसी तरह के सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्र के अस्पतालों में सभी मरीजों का कोविड उन्नीस के संदिग्ध मरीज के रूप में उपचार होना चाहिए यह उपचार जांच परिणाम आने तक निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए मंत्रालय ने गैर कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संदिग्ध कोविड उन्नीस संक्रमण का पता चलने के बाद यह निर्देश जारी किया है

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जब भी गैर कोरोना रोगी या स्वास्थ्यकर्मी में कोरोना के लक्षण होने का संदेह हो या फिर कोरोना वायरस की जांच में साकारात्मक पाये जांए तो अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति मामले की जांच कर कार्रवाई का सुझाव देगी दिशा निर्देशों के अनुसार उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सहायक कर्मचारियों को जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हों उन्हें सात सप्ताह की अवधि के लिए हाड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दिया जाना चाहिए यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवा देखमाल सुविधा केन्द्र में संदिग्ध या पुष्ट मामले का पता चलने के बाद तेजी से अलगाव संपर्को की सूची बनाना उन्हें खोजने और कीटाणुशोधन की मानक प्रक्रिया का पालन किया जायेगा इस दौरान पूरी सुविधा को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी

आकाशवाणी समाचार दिल्ली एम्स नई दिल्ली के निदेशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के लिए अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है

कई हॉस्पीटल्स ने टेली कंस्लटेशनस ग्रुरू कर दिया है जिससे हम लॉक डॉउन के दौरान इन पेरोन्टस को रिक्आउट कर सकें उनको फोन कर पाएं स्थॉर्ट कर पाएं तो हमें दोनों चीजें बेलेंस करनी पढ़ेंगी कोविड सेंटर्स और नॉन कोविड सेंटर्स जहां पर हम पूरी तरह से इन लोगों का कंयर प्रोवाइड कर पाएं और इन दोनों को मिक्स न करें

इधर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि घर में ब्रजुर्गों की सेवा उपलब्ध कराने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सुविधा तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है देश में सडक निर्माण ईंट भट्टों और सीमेंट कारखानों को भी कुछ गतिविधियां जारी रखने की छूट दी गई हैं अधिकारी ने बताया कि राज्यों में ऐसे क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि को छूट दी गई है जो दिशानिर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट नहीं है

आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है

जो क्षेत्र हॉट स्पॉट या कंटेमेंट जॉन में नहीं है वहां गृहमंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थिक तरीके से शुरू करवाने लगी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की सत्ताईस तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे कोविड उन्नीस की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ तीसरी वीडियो कांफ्रेंस है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कांफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढाने से पहले हुई थी गौरततलब है कि देश भर में तीन मई तक दूसरे चरण के लॉक डाउन की घोषणा की गयी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार छब्बीस अप्रैल को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह प्रसारण सुबह ग्यारह बजे से सुना जा सकता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश में साढे दस लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का फायदा मिला है अड़सठ हजार से अधिक प्रतिष्ठानों को निधि योगदान के रूप में लगभग एक सौ बासठ करोड़ रूपये दिये गये हैं वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तैंतीस करोड़ से अधिक गरीबों को सीधे वित्तीय सहायता दी गई है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने गरीबों को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने की छब्बीस तारीख को पैकेज की घोषणा की थी

बुजुर्गों विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग दो करोड़ बयासी लाख रूपये दिये गये हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के रूप में सोलह हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि आठ करोड़ किसानों के खाते में डाली गई है भवन निर्माण में लगे दो करोड़ सत्रह लाख कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में तीन हजार चार सौ संतानवे करोड़ रूपये दिये गये हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उनतालीस करोड़ सत्ताईस लाख लोगों को निशुल्क अनाज बांटा गया है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत दो करोड छियासठ लाख सिलिंडर निःशुल्क दिये गये हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई उपाय किये गये हैं जिससे लॉक डाउन के दौरान लोगों को राहत मिली है आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत उपायों की प्रशंसा की है

उन्होंने कहा कि इसके तहत चौरासी लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में एक हजार सत्रह करोड़ रूपये भेजे गये हैं वहीं छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति मद के रूप में तीन हजार एक सौ दो करोड़ रूपये भेजे गये हैं राज्य सरकार ने कहा है कि लॉक डाउन के कारण बिहार के सत्रह लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं जिन्हें फिलहाल लाया जाना संभव नहीं है पटना उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे लोगों की हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है उनके लिए भोजन और राशन का भी इंतजाम किया जा रहा है बाहर फंसे लोगों को आर्थिक मदद के तौर पर एक एक हजार रूपये राज्य सरकार की ओर से उनके खातों में भेजे जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से बिहार की ऋण लेने की सीमा बढ़ाकर चार प्रतिशत करने की मांग की है श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती एवं वर्तमान लॉकडाउन के दौर में नगण्य राजस्व संग्रह के कारण केन्द्र एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारें भीषण वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देशभर की ग्राम पंचायतों को सम्बोधित करेंगे श्री मोदी लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरूआत करेंगे पंचायती राज दिवस पर हर साल सरकार बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इस वर्ष ऐसे चार पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ बानवे के जरिए चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी इसे देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य और शिक्षाविद् कमाल फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से लॉकडाउन के दौरान रमजान के महीने में घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है बाईट फारूकी मुसलमानों को जूमे की नमाज मस्जिद में जाकर न पढने की और घर पर पढने की और मस्जिदों के अंदर सिर्फ उनको खुला रखने के लिए उसमें सिर्फ अजान होती रहे और सिर्फ जो मस्जिद में काम करने वाले हों डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज वहां एक दो लोगों की हो मुसलमानों का एक सबसे अहम महीना होता है रमजान मुबारक का कि इबादत पूरी पूरी रखें लेकिन घर के अंदर रखें और जो भी नमाजें हैं वो घर पर भी आप पढ़ें तो सिर्फ आपके घर के लोग हैं उनके साथ ही पढ़ें प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी के साथ बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने छब्बीस तारीख तक अलर्ट जारी किया है कल पटना सीतामढ़ी खगड़िया लखीसराय दरभंगा शिवहर जिलों में बारिश हुई इस बीच आपदा प्रंबधन विभाग ने आंधी पानी और वज्रपात को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश सभी जिलों को दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक सौ सत्तर पहुंच जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना के खाजपुरा के आठ समेत सत्ताईस नये मरीज मिले दैनिक जागरण ने दुकानों को खुलने से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है स्टेशनरी और इलेक्ट्रानिक दुकान खुलने का दायरा तय प्रभात खबर स्वास्थ्य से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुए लिखा है एनएमसीएच और एम्स में जल्द प्लाजमा थेरेपी से होगा इलाज दैनिक भास्कर ने केन्द्र सरकार के फैसले को अपनी सुर्खी बनाया है अखबार ने लिखा है एक करोड़ तेरह लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता डेढ़ साल तक नहीं बढेगा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मोदी सरकार पर लोगों का पूरा भरोसा दैनिक आज ने लिखा है चौकीदार को उठक बैठक कराने वाले निलंबित डीएओ के खिलाफ प्राथमिकी और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ सत्तर हुई

अठारह जिलों में महामारी ने पसारे पैर

उल्लंघन करने पर दंड और जेल का प्रावधान

और प्रदेश में आंधी पानी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान